कांग्रेस की विफलता का दौर जारी

हालांकि कुछ सीटों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं लेकिन उन पर भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वह सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी

आम आदमी पार्टी सहित दर्जन भर से ज्यादा पार्टियों को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा है

वहीं महाकौशल क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया

इसी तरह मालवा अंचल में मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता और राजगढ से रोडमल नागर ने लगातार दूसरी बार चुनाव में विजय हासिल की है जबकि नीमाड़ क्षेत्र के खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान ने छठवीं बार सांसद का चुनाव जीता है

खरगोन लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गजेन्द्र पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ गोविंद मुजालदा को हराया

भिंड में भाजपा की प्रत्याशी संध्या राय ने भी लगभग डेढ़ लाख मतों के अंतर से चुनाव जीता गुना संसदीय क्षेत्र में पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े केपी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक लाख से अधिक मतों से पराजित किया

खजुराहो लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा लगभग ढाई लाख मतों के अंतर से चुनाव जीते जबकि दमोह लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले प्रहलाद पटेल भाजपा के टिकट पर दो लाख से अधिक मतों से विजयी रहे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ पहली बार चुनाव लड़े और जीते उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नत्थन शाह को पराजित किया

उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम त्रिपाठी को हराया रीवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के जनार्दन मिश्रा और सीधी क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रिती पाठक विजयी रहे श्रीमति पाठक दूसरी बार सांसद बनी हैं पीएम इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचण्ड जीत के बाद आज अबसे कुछ देर पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सौंपा राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री से नये मंत्रिमंडल के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है

प्रदेश की रतलाम झाबुआ अनुसूचित जनजाति आरक्षित संसदीय सीट पर नोटा को सबसे ज्यादा मत हासिल हुए

शहडोल सीट नोटा मतों की संख्या में पांचवें स्थान पर रही

वहीं दूसरी ओर राज्य के चार प्रमुख शहरी संसदीय क्षेत्रों में लोगों ने नोटा का बटन दबाने से परहेज किया

कांग्रेस इस्तीफा लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है वहीं पार्टी नेताओं में दिख रही निराशा के मददेनजर कांग्रेस ने कल कार्यसमिति की बैठक बुलाई है बैठक में पार्टी के तमाम आला नेताओं के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए उधर उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देने के संकेत दिये हैं वहीं ओड़िसा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कई अन्य राज्यों से भी विभिन्न पदों से कांग्रेस नेताओं के इस्तीफा देने की खबर है

भाजपा की सुमित्रा महाजन पिछले आठ चुनाव से इंदौर का प्रतिनिधित्व कर रही थी

जबकि छतरपुर दमोह उमरिया खरगोन जिलों में लू चलने की संभावना है

उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को रिकार्ड मतों के अन्तर से हराया

जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है